यानी अब तक छह लाख से अधिक लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं

निमोनिया वैक्सीन पूरी तरह से देश में विकसित निमोनिया के पहले वैक्सीन को भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल डीसीजीआई से मंजूरी मिल गई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल यह जानकारी देते हुए बताया कि डीसीजीआई ने पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा सोंपे गए क्लिनिकल ट्रायल के पहले दूसरे और तीसरे चरण के आंकड़ों की समीक्षा की और निमोकोकल पॉलीस्काराइड कॉजुगेट वैक्सीन को बाजार में उतारने की अनुमति दे दी निमोनिया की यह वैक्सीन इंजेक्शन की मदद से लगेगा मंत्रालय ने बताया कि इस वैक्सीन का उपयोग निमोनिया से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर किया जाएगा

श्री सिंह चीन और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से लगते सीमावर्ती इलाकों में सैन्य तैयारियों का जायजा लेंगे

रक्षा मंत्री सीमावर्ती अग्रिम चौकियों का दौरा भी करेंगे श्री सिंह का हिमाचल प्रदेश में अटल रोहतांग सुरंग का भी दौरा करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है

इस अदालत में लंबित प्रकरणों का सुलह और समझौते के आधार पर निराकरण करवाया जाएगा अपने मामलों की सुनवाई करवाने के लिए पक्षकारों को उच्च न्यायालय खण्डपीठ में पहले से आवेदन करना होगा ग्ना अतिक्रमण गुना जिले के जगनपुर गांव में अतिक्रमण हटाने के दौरान गरीब दंपत्ति के साथ मारपीट की घटना के चलते कल रात कलेक्टर एस विश्वनाथन और पुलिस अधीक्षक तरुण नायक को हटाने के निर्देश दिए गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में इस घटना की जानकारी लेने के बाद कहा कि किसी भी प्रकार की बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी मौसम प्रदेश के मालवा निमाड़ क्षेत्र में एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है कल ब्रहानपुर खंडवा खरगोन और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हई इससे नदी नाले उफान पर हैं ब्रहानपुर में ताप्ती नदी के निलचे घाट और हाथी पत्थर जलमग्न हो गए हैं मौसम विभाग के अनुसार कल षहडोल एवं होषंगाबाद सम्भागों के जिलों में अधिकांष स्थानों पर जबलपुर एवं रीवा सम्भागों के जिलों के अनेक स्थानों पर तथा षेष संभागों के जिलों कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई

मौसम केंद्र ने आज भोपाल होषंगाबाद इंदौर उज्जैन जबलपुर षहडोल संभागों के जिलो में कहीं कहीं सागर रीवा सागर रीवा ग्वालियर एवं चंबल संभागों के जिलों में भारी बारिष की संभावना जताई है

इस दौरान कोरोना संक्रमण से संबंधित नियमों का सख्ती से पालन करने के जिला कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं